विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन मंत्रालयों के अधीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंसियल स्कूल्स राष्ट्रीय पोषण अभियान और प्रधानमंत्री वंदना योजना को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय दवारा प्रायोजित एकलव्य मॉडल रेजिडेंसियल स्क्ल्स योजना के तहत राज्य में सात विद्यालयों को मंजूरी मिली है जिसमे से ईस्ट कामेंग जिले के बाना और तवांग के लुमला में विद्यालय कार्यरत है जबकि क्रुंग क्मे जिले के काम्पू तिरप के खेला वेस्ट सियांग जिले के तिरबिन लोहित के मेडो लोअर दिबांग वैली जिले के दामब्क में निर्माणाधीन विद्यालय का कार्य अगले वर्ष मार्च तक प्रा होने की उम्मीद है इस योजना के तहत देश के प्रत्येक ऐसे बलाक जहां जनजातीय सम्दाय की जनसंख्या पचास प्रतिशत है और इस ब्लाक की जनसंख्या कम से कम बीस हजार है वर्ष दो हजार बाईस तक एकलव्य मॉडल रेजिडेंसियल स्क्ल खोलने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के अलावा खेल और कौशल विकास के प्रशिक्षण की स्विधा से य्क्त ऐसे पांच और विद्यालय अरुणाचल में खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है

इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों से पोषक आहार तैयार करने के लिए लोगों को जागरुक करना है समन्वित बाल विकास विभाग आई सी डी एस दवारा आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यायक कालिंग मोयोंग और आई सी डि एस की उपनिदेशक माचि गाव ने जिले भर से आई आंगनवाड़ी कर्मियों और अन्य प्रतिभागियों दवारा लगाएं गए पोषक आहार का निरीक्षण किया इस अवसर पर श्रीमती गाव ने कहा कि पूरे सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ईस्ट सियांग जिले के सभी क्षेत्रों में क्पोषित बच्चों की पहचान और पोषक आहार पर जनजागरुकता कार्यक्रम चलाया गया उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपने अपने इलाकों में लोगों को संत्लित आहार के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज फल और सब्जियों के उपयोग के बारे में जागरुक किया

चांगलांग जिले के प्लिस अधीक्षक के नेतृत्व में एंटी ड्रग स्क्वाड ने सोमवार शाम को विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर काक्टोंग क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब एक किलोग्राम से ज्यादा अफीम बरामद किया है इससे पहले चांगलांग पुलिस ने गत चौबीस को नामदांग क्षेत्र से मादक पदार्थो की तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से करीब तेरह ग्राम ब्राउन स्गर बरामद किया

विधायक जिक्के ताको ने बताया कि इस राजमार्ग के लिए दोबारा टेंडर कराना पड़ा है जिसके चलते परियोजना कार्य में विलंब हो रहा है उन्होंने स्वीकार किया कि राममार्ग परियोजना के लंबित कार्य से क्रुंग कमे और क्रा दादी जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर भी ब्रा असर पड़ रहा है श्री ताको ने कहा कि सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस म्द्दे को उठाया गया है और उम्मीद है कि इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य प्रा कराने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार सात सौ चौरानबे हैं अबतक छह हजार सात सौ तैतालीस व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है और सोलह लोगों की कोरोना से मौत हो च्की है